रायपुर और कोरबा के बीच हसदेव एक्सप्रेस ट्रेन को मिली मंजूरी राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में छत्तीसगढ़ को मिला क्षेत्रीय और संघ शासित प्रदेशों के स्तर पर पहला स्थान बीजापुर जिले में एक महिला सहित सात हार्डकोर माओवादियों ने हथियारों के साथ किया आत्मसमर्पण पेट्रोल डीजल कीमत प्रदेश में अब पेट्रोल और डीजल प्रति लीटर पांच रूपये सस्ता हो गया है एक तरफ केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के मूल्य में प्रति लीटर ढाई रुपये की कटौती करने की घोषणा की है वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल के दाम में ढाई रुपये तक वैट में कटौती कर दी है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेशव्यापी अटल विकास यात्रा के दौरान आज राजनांदगांव में आमसभा को संबोधित करते हुए पेट्रोल और डीजल में ढाई रुपये वैट घटाने का ऐलान किया गौरतलब है कि केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों से यह आग्रह किया गया है कि वह भी केन्द्र की तर्ज पर ही ढाई रुपये तक वैट में कटौती करे इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इसमें से प्रति लीटर एक रुपये तेल कंपनियां वहन करेंगी सरकार ने तेल कंपनियों को बॉन्ड जारी कर दस अरब डॉलर की पूंजी जुटाने की अनुमति दे दी है उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की कीमत और अमरीका के घरेलू घटनाक्रम ने विश्वभर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है श्री जेटली ने कहा कि देश में मुद्रास्फीति की दर अभी भी चार प्रतिशत से नीचे है भारत के घरेलू संकेतक काफी मजबूत और स्थिर हैं अटल विकास यात्रा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज प्रदेशव्यापी अटल विकास यात्रा के दौरान राजनांदगांव में अटल विहारी वाजपेयी स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया इस भवन का निर्माण तीन सौ करोड़ रूपये से अधिक की राशि से किया गया है इसके साथ ही उन्होंने नये स्वरूप में विकसित दिग्विजय स्टेडियम का भी उद्घाटन किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज में टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट की मदद से कैंसर के मरीजों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी और कैंसर के मरीजों के प्राथमिक उपचार की सुविधा भी दी जाएगी उन्होंने कहा कि इस मेडिकल कॉलेज में पांच सौ सीटों वाले भव्य स्टेडियम सहित सभी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी हसदेव एक्सप्रेस राजधानी रायपुर से प्रदेश के औद्योगिक शहर कोरबा के लिए हसदेव एक्सप्रेस के नाम से एक नई यात्री ट्रेन को मंजूरी मिल गई है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के प्रस्ताव पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी स्वीकृति दी है इसका शुभारंभ विशेष ट्रेन के रूप में छह अक्टूबर को किया जाएगा सात अक्टूबर से यह ट्रेन नियमित रूप से चलाई जाएगी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि रायपुर से कोरबा के लिए यह ट्रेन सप्ताह में चार दिन बुधवार गुरूवार शुक्रवार और शनिवार को चलेगी वहीं कोरबा से यह ट्रेन सप्ताह में तीन दिन गुरूवार शुक्रवार और शनिवार को रायपुर पहुंचेगी कोरबा चाम्पा नैला जांजगीर अकलतरा बिलासपुर बिल्हा भाटापारा तिल्दा और रायपुर स्टेशनों के बीच सफर करने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण दो हजार अट्ठारह में अधिकतम जनभागीदारी के साथ शीर्ष स्थान पाने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शामिल है क्षेत्रीय और संघ शासित प्रदेशों के स्तर पर छत्तीसगढ़ को पहला स्थान प्राप्त हुआ है वहीं सूरजपुर जिले ने भी पहला स्थान प्राप्त किया है इसके अलावा सरगुजा जिला दूसरे स्थान पर है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल नई दिल्ली में आयोजित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन के समापन सत्र में ये पुरस्कार प्रदान किए वहीं गैर आवासीय उच्च शिक्षण संस्थानों की श्रेणी में बिलासपुर के डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी को तीसरा स्थान मिला है गौरतलब है कि पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने एक स्वतंत्र सर्वेक्षण एजेंसी के माध्यम से स्वच्छता मानकों के आधार पर देश के सभी जिलों की रैंकिंग तय करने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण दो हजार अट्ठारह की शुरूआत की थी इस अभियान में पूरे देश में छह सौ पचासी जिलों के छह हजार से अधिक गांवों को शामिल किया गया था इस सर्वेक्षण में डेढ़ करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया और अपनी प्रतिक्रिया दी

वे दूर्ग जिले के चरोदा में आयोजित महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित अनेक मंत्री भी शामिल होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की है पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और सांसद सरोज पांडेय ने आज रायपुर में पत्रकारों को बताया कि इस सम्मेलन में एक लाख से अधिक महिलाओं के शामिल होने का लक्ष्य है इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ी संस्कृति की विशेष झलक देखने को मिलेगी साथ ही छत्तीसगढ़ की पारम्परिक वस्तुओं और ग्रामीण परिवेश को भी दिखाने की कोशिश की जाएगी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कर्मा नत्य पंथी नृत्य राउत नाचा सुआ नृत्य बस्तर के आदिवासी नृत्य सहित अन्य पारम्परिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा सांसद सरोज पांडेय ने बताया कि इस कार्यक्रम के अलावा श्री शाह दुर्ग में गुजराती समाज के सम्मलेन में भी शामिल होंगे माओवादी समर्पण बीजापुर जिले में आज एक महिला सहित सात हार्डकोर माओवादियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया इनमें से एक पर दो लाख रूपये और एक अन्य माओवादी पर एक लाख रूपये का इनाम घोषित था इन माओवादियों ने बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक डीआईजी और पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का ऐलान किया इन माओवादियों र्न पुलिस को एक भरमार बंद्क हैंड ग्रेनेट और कोडेक्स वायर भी सौंपे मुख्य सचिव समीक्षा मुख्य सचिव अजय सिंह ने राज्य के पावर प्लांट में नियमित कोयला आपूर्ति करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने ओज मंत्रालय में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कम्पनी के पॉवर प्लांट में कोयला आपूर्ति की समीक्षा की बैठक में मुख्य सचिव ने रेल्वे और एसईसीएल के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा और डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व में कोयले की आपूर्ति नियमित रूप से की जाए उन्होंने कहा कि राज्य के ताप विद्युत गृहों में आवश्यक कोयले की पूर्ति के बाद ही बाहर कोयले की आपूर्ति की जाए जशपुर प्रशिक्षण जशपुर में आज एकदिवसीय कार्यशाला में पुलिस कर्मचारियों को फिंगर प्रिंट से जुड़ी बारीकियों का प्रशिक्षण दिया गया अपराध अनुसंधान विभाग रायपुर के विशेषज्ञों की टीम ने यह प्रशिक्षण दिया इनमें फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ सुनील शर्मा शामिल थे कार्यशाला में पुलिसकर्मियों को आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर अपराधियों के फिंगर प्रिंट के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई

प्रायवेट परीक्षा देने वाले छात्र आगामी तीस नवंबर तक सामान्य शुल्क के साथ ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं इसके बाद पांच सौ पचास रूपये विलंब शल्क के साथ छात्र तीस दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हैं इन तिथियों के बाद भी किसी कारण से फॉर्म भरने से वंचित रह गए विद्यार्थियों को पंद्रह जनवरी तक विलंब शुल्क के रूप में ग्यारह सौ रूपये भुगतान करना होगा इसके अलावा डीएड और डीएलएड प्रक या फिर अवसर परीक्षा के लिए भी आठ अक्टूबर तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरे जा सकते हैं स्वीप कार्यक्रम प्रदेश में इन दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर सभी जिलों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप का आयोजन किया जा रहा है राजधानी रायपुर में भी कल मतदाता जागरूकता पर आधारित फोटो प्रदर्शनी लगाई गई इस प्रदर्शनी के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार प्रदेश में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के दुसरे चरण की भी शुरुआत हो गई है इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने प्रदेश के सभी जिलों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत आयोजित गतिविधियों का अवलोकन किया उन्होंने सभी जिलों के रिटर्निंग अधिकारियों की एक बैठक भी ली श्री साहू ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो जाएगी उन्होंने बताया कि प्रदेश में सुगम स्वच्छ और समावेशी निर्वाचन के लिए सभी जिलों में निगरानी टीमों का गठन किया गया है ये सभी टीमें आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही सक्रिय हो जाएगी संक्षिप्त समाचार वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत जगदलपुर में आज वन्य प्राणी संरक्षण जागरूकता रैली निकाली गई कोरिया और रायगढ़ जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में अट्ठाईस हाथियों का दल देखा जा रहा है इस वजह से आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है वन विभाग ने ग्रामीणों को हाथियों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है संचार क्रांति योजना के तहत मोबाइल फोन वितरण के लिए राजधानी रायपुर में आज से कलेक्टोरेट परिसर और इंडोर स्टेडियम में शिविर शुरू हुआ